प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने यह अनुपूरक बजट कल सदन के पटल पर रखा था आज प्रश्न पहर शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुददों पर चर्चा कराने की मांग की जिसे विधानसभा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित ने अस्वीकार कर दिया कांग्रेस के नेता विरोधी दल अजय कुमार लल्लू के शिवलिंगों को नदी में फेंकने के मामले में अध्यक्ष द्वारा चर्चा की अनुमति न दिये जाने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया बाद में प्रश्न पहर बीच बीच में व्यवधान के साथ चलता रहा एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों को सोलर पम्प पर चालीस से सत्तर प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना में चालीस करोड़ रूपये से अधिक व्यय कर दो हजार छियालीस किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है उन्होंने बताया कि राज्य में रासायनिक खादों की कोई कमी नहीं है पिछली सरकारा के दौरान किसानों को खाद के लिए लाइनें लगानी पड़ती थीं खाद प्रकरण पर उठे मुद्दे पर उत्तर से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया बजट पर मुख्यमंत्री के भाषण तथा विपक्षी सदस्यों के द्वारा वक्तव्य के बाद इसे पारित कर दिया गया तथा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया

इस दौरान चार अन्य विधेयक भी पारित हो गये कल आठ हजार चौवन करोड़ रूपये की अनुपूरक मांगें सदन में प्रस्तुत की गई थी परिषद में आज बुलंदशहर तथा आगरा के मुद्दे गूजे समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने फरवरी माह में आयोजित हुई इन्वस्टर समिट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आयोजन में चार लाख अड़सठ हजार करोड़ रूपये के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे साठ हजार करोड़ रूपये का निवेश जमीन पर उतरा है जो भी गड़बड़ियां सामने आयी हैं उन पर जांच चल रही है सदन की कार्यवाही पूर्वान्ह ग्यारह बजे शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के शतुरूद्र प्रकाश ने काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी में भवनों के संबंध में प्रश्न उठाया शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा ने विधान परिषद के पूर्व सभापति एवं राज्यसभा सदस्य चौधरी सुखराम सिंह यादव के कानपुर नगर निगम के पदेन सदस्य से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण पर जांच का आश्वासन दिया गन्ना किसानों के बकाये मूल्य भूगतान के प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट होकर सपा के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया भोजनावकाश के बाद पुनः शुरू हुई परिषद की कार्यवाही को अनुपूरक बजट के साथ चार अन्य विधेयकों को पारित करने के बाद सभापाति रमेश यादव ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी मंत्रालयों ने पिछले बजट में आवंटन में से बडी धनराशि खर्च कर ली है उन्होंने कहा कि पिछले पौने दो साल में प्रदेश की तेईस करोड़ जनता को ध्यान में रखकर सरकार ने काम किया है और बिना भेदभाव के वंचितों तक लाभ पहुंचाया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार काम कर रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छता स्वास्थ्य कृषि आवास सिचाई सहित सभी क्षेत्रों में प्रदेश का विकास किया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत नौ लाख इक्यासी हजार आवासों तथा शहरी क्षेत्र में आठ लाख पच्चीस हजार आवासों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है उन्होंने कहा कि एक लाख बारह हजार मजरों में विद्यूतीकरण किया गया है भयमुक्त वातावरण विद्युत और सरकारी सुविधाओं के चलते राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और अगले वर्ष तक बीस लाख हेक्टेयर अधिक भूमि को सिंचित किया जा सकेगा राज्य में बीस नये कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं उन्होंने कहा कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ के लिए बजट में धनराशि का आवंटन किया गया है कुंभ के लिए हाल ही में चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है श्री योगी ने कहा कि राज्य तेजी से बदल रहा है यहां कृषि व्यापार और उद्योग धंधों का विकास हो रहा है उन्होंने बताया कि अगले वर्ष फरवरी माह में सरकार नया बजट लायेगी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

यह कार्यक्रम की इक्यावनवीं कडी होगी

विधेयक का उद्देश्य व्यापार की नीयत से कोख को किराए पर देने की प्रक्रिया और इससे संबंधित अनैतिक कार्यों पर रोक लगाना है विधेयक में राष्ट्रीय स्तर और राज्यों में सरोगेसी बोर्ड के गठन और इसके नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है विधेयक में केवल उन्हीं दम्पतियों को कोख किराए पर लेने की अनुमति देन का प्रावधान किया गया है जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं ऐसे दम्पति का पांच वर्ष का शादीशुदा होना और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को व्यावसायिक तौर पर किराए की कोख का एक केंद्र माना जाता रहा है उन्होंने कहा कि इस धारणा को बदलने की जरूरत है प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति बेहद संजीदा है और उनके निवारण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है सरकार के प्रयास से गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान म भी बढ़ोत्तरी हुई है यह बात प्रदेश के गन्ना विकास मंत्रो सुरेश राणा ने आज विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार सोलह सत्रह म चौबीस हजार सात सौ तैतीस करोड़ रूपये का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया था जबकि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह में यह भुगतान तैतीस हजार एक सौ छियासी करोड़ रूपये किया गया जो एक बड़ी उपलब्धि है

कल नई दिल्ली में श्री ओराम ने कहा कि एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे इनमें स्थानीय कला और संस्कृति के अलावा खेल प्रशिक्षण और कौशल विकास की विशेष सुविधाएं होंगी उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की स्थापना से जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक क्षमता और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा